मूख्यमंत्री आज लखनऊ में एक उच्चस्तरीय बैठक के दौरान कोरोना संक्रमण की समीक्षा कर रहे थे

उन्होंने कानपुर नगर सहित पूरे प्रदेश में सर्विलांस व्यवस्था को और प्रभावी बनाने को लिये कहा

प्रत्येक राज्य और केन्द्र शासित प्रदेश को वहां पर कोरोना संक्रमण की स्थिति के अनुसार आर्थिक सहायता दी गई है

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों को यह सहायता एक समेकित नीति के तहत दी जा रही है

केन्द्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि राम मंदिर के निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ होने से देश और विदेश में लोग बेहद खुश है श्री जावड़ेकर ने कहा कि देश का माहौल बदल गया है और अब ये समझा जा रहा है कि जटिल से जटिल समस्या को भी शांतिपूर्ण ढंग से हल किया जा सकता है बाइट पांच सौ साल से जो समस्या थी और जिसके लिए बहुत संघर्ष हुआ वो बहुत शांतिपूर्ण तरीके से उसका समस्या का निराकरण हुआ प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी पहल हुई है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में बाढ़ राहत कार्यों की गहन समीक्षा करते हुये जिलाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिये हैं लखनऊ में एक बैठक में श्री योगी ने तटबंधों की लगातार पेटोलिंग सुनिश्चित करने के लिये कहा जिससे बांधों में कटान की लगातार निगरानी होती रहे उन्होंने जिलाधिकारियों को बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों में आवश्यक संख्या में नौकाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिये साथ ही जल जनित और वैक्टर जनित रोगों की रोकथाम के लिये आवश्यक कार्रवाई करते हुये समुचित मात्रा में औषधियां उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिये इस समय प्रदेश में सत्रह जनपद अम्बेडकरनगर अयोध्या आजमगढ़ बहराइच बलिया बलरामपुर बाराबंकी बस्ती गोण्डा गोरखपुर कुशीनगर लखीमपुर खीरी मऊ संतकबीर नगर सिद्धार्थनगर महराजगंज और सीतापुर के छह सौ छाछठ गांव बाढ़ से प्रभावित हैं जिनमें से चार सौ छियालीस गांव जलमग्न हैं राहत आयुक्त कार्यालय के अनुसार राज्य में शारदा नदी लखीमपुर खीरी के पलियाकला राप्ती नदी गोरखपुर के बर्डघाट सरयू घाघरा बाराबंकी के एल्गिन बिज और अयोध्या तथा बलिया के तुतीपार में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है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

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पूर्व केन्द्रीय मंत्री मनोज सिन्हा को जम्मू कश्मीर का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया है इससे पहले गिरीश चन्द्र मुर्मू ने जम्मू कश्मीर के उप राज्यपाल के पद से त्यागपत्र दे दिया था जिसे राष्ट्रपति ने स्वीकार कर लिया है

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्री सिन्हा को बधाई दी है उन्होंने कहा कि श्री सिन्हा के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर में विकास के नये मानक स्थापित होंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मऊ जनपद में नाव दुर्घटना में हुई पांच लोगों की मौत पर गहरा शोक व्यक्त करते हुये प्रत्येक मृतक के परिवार को चार चार लाख रूपये की आर्थिक सहायता देने के निर्देश दिय हैं

यह स्थान मऊ और देवरिया जनपदों के सीमा क्षेत्र पर स्थित है उधर महराजगंज जनपद के ब्रज मन गंज थाना अन्तर्गत कानापार गांव में एक तालाब में ड्रबने से तीन लोगों की मौत हो गयी ये लोग तालाब में मछली पकड़ने गये थे

लगभग छह लाख लोगों का देश भर में उपचार चल रहा है

श्री शान्तनु भारतीय सूचना सेवा के दो हजार बारह बैच के अधिकारी हैं और इससे पूर्व वह आकाशवाणी समाचार चण्डीगढ़ दिल्ली तथा शिलांग दूरदर्शन समाचार सहित विभिन्न मीडिया इकाइयों में कार्य कर चुके हैं